मुंगेर में सात बक्सर में चार और रोहतास तथा पटना में एक एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव

एक हजार एक सौ चौरासी गिरफ्तार प्रदेश में आज कोरोना के तेरह नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ छब्बीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर में सबसे अधिक सात मरीजों में संक्रमण की प्रष्टि हुई है वहीं बक्सर में चार और रोहतास तथा पटना में एक एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है उन्होंने बताया कि बक्सर पटना और मुंगेर में जो मामले सामने आये हैं वे सभी पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने से संक्रमित हये हैं जबकि रोहतास में जिस महिला में संक्रमण की प्रष्टि हुई है उसके निकट सम्पर्को की जांच की जा रही है अब प्रदेश में पन्द्रह जिले संक्रमण की चपेट में आ गये हैं हांलाकि इनमें से गोपालगंज सारण लखीसराय और भागलपुर के सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि वैशाली के एक मात्र संक्रमित मरीज की मौत हो गयी है इस तरह अब बिहार में दस जिलों नालंदा सीवान मुंगेर पटना बेगूसराय गया नवादा बक्सर भोजपुर और रोहतास में कोरोना के मरीज हैं गौरतलब है कि प्रदेश में अभी तक बयालीस लोगों को उपचार के बाद छूट़टी दी जा चूकी है जबकि दो लोगों की मौत हो चूकी है इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अठारह हजार नौ सौ पचासी हो गयी है इनमें से तीन हजार दो सौ साठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है जबकि छह सौ तीन की मौत हो चुकी है राज्य सरकार कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण के साथ साथ दवा द्कानदारों से भी जानकारियां जुटा रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी जानकारी इकट्ठा होने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा

परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमण गंगा खेडकर ने कहा कि इन मरीजों में खांसी बुखार और दम फुलने जैसे लक्षण नहीं पाये गये हैं उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों का पता लगाना बेहद कठिन है श्री खेडकर ने लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील करते हुये कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का एक मात्र प्रभावी उपाय यही है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी है

हम यह नियम बना लें कि हम आगे से चाहे वो थूकना हुआ चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे जब भी घर आएं तो हाथ धोंए जब भी किसी से मिलें तो हाथ जोड़कर मिलें और हेंड वॉशिंग रेगुलेरी करें इससे कोविड ही नहीं और इंफेक्शन जैसे स्वाइन पलू हैं या टीबी हैं ये भी हमारे देश में कम होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नॉन कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण की चपेट में आने के बढ़ रहे मामलों को देखते हुये नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ऐसे अस्पतालों को कोविड उन्नीस के मामलों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों में छूट के तहत गतिविधियां शुरू हुई हैं और लोग सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं

इसके तहत दूरभाष संख्या एक नौ दो एक के माध्यम से लोगों को मोबाईल पर कॉल कर सूचना ली जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि आईवीआरएस आधारित इस सेवा के लिए लोग स्वयं कॉल करके भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं ये सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट फोन का उपयोग नहीं करते हैं अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि तीस से अधिक राज्यों के वक्फ बोर्ड ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है

श्री नकवी ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्यकर्मियों स्रक्षा बलों प्रशासनिक अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने लोगों को दुष्प्रचार के उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहने की अपील की अररिया जिले के बैरगाछी में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा एक चौकीदार के साथ अभद्र व्यवहार करने और उससे उठक बैठक करवाने के वायरल हुये वीडियो की जांच शुरू कर दी गयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने बताया कि चौबीस घंटे के अन्दर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि अपनी ड्यूटी कर रहे किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि आम लोगों यह समझना होगा कि लॉकडाउन में छूट कुछ सेवाओं में दी गयी है और ये सभी लोगों के लिए नहीं है

श्री कुमार ने कहा कि सरकार बिहार से द्रसरों राज्यों के बीच लोगों के आवागमन की पक्षधर नहीं रही है प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक सात करोड़ इक्यासी लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है वहीं एक हजार एक सौ चौरासी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक हजार तीन सौ अट्ठाईस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं तैंतीस हजार सात सौ पैंतालीस वाहनों को जब्त किया गया है जन वितरण प्रणाली द्रकानदारों द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के डिहा गांव और शेखोपुर सराय प्रखंड के एक एक डीलरों का लाईसेंस रद्द कर उनपर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जबकि अरवल जिले में एक पैक्स अध्यक्ष और दो डीलरों का लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है वहीं समस्तीपुर प्रखंड के आदर्श बाजितपुर गांव के जन वितरण प्रणाली के एक दुकानदार समेत तीन लोगों के विरुद्ध अनाज की कालाबाजारी करने के मामले मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है इधर कैमूर जिले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है राज्य सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध करवाया जायेगा

कोरोना आपदा के समय केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता जतायी है नालंदा और मुंगेर की लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि इस सहायता से उनका जीवन आसान हुआ है

पार्टी प्रवक्ता रामानुज प्रसाद ने कहा कि संकट की इस घड़ी में शहरी गरीबों को छोड़ देना कहीं से उचित नहीं है उन्हें भी एक एक हजार रूपये नकद और मुफ्त अनाज की सुविधा मिलनी चाहिए और अब एक अच्छी खबर केंद्र सरकार ने औरंगाबाद जिले के कुटुंबा ग्राम पंचायत को इस वर्ष के बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना है कुटुंबा ग्राम पंचायत इस पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला बिहार का एकमात्र और देश के तीस ग्राम पंचायतों में से एक है

मुंगेर में सात बक्सर में चार और रोहतास तथा पटना में एक एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव

एक हजार एक सौ चौरासी गिरफ्तार